प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं

अब तक तीन करोड़ सैंतालीस लाख पौधे लगाये गये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत कृषि अवसंरचना कोष के लिये एक लाख करोड़ रूपये की वित्तीय सुविधा की शुरूआत की इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि इस कोष से भंडारण शीत भंडार और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा

हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहंचे और जरूरत के समय पहुंचे इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है

श्री मोदी ने कहा कि यह योजना कृषि में स्टार्ट अप के लिए अच्छा अवसर उपलब्ध कराएगी और इससे ऐसी पर्यावरण अनुकूल प्रणाली उत्पन्न होगी जो देश के प्रत्येक भाग में रहने वाले किसानों तक पहुंचेगी साउंड बाईट देश में कृषि से जुडी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रूपए का विशेष फंड लांच किया गया है इससे गांवो गांवों में बेहतर मंडारण आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोजगार के अनेक अवसर तैयार होंगे इसके साथ साथ किसान सम्मान निधि के सत्रह हजार करोड रूपए सीधे सीधे साढ़े आठ करोड़ किसानों के खाते में जमा हो गए प्रधानमंत्री ने किसानों से खेतों में कम मात्रा में उर्वरकों का इस्तेमाल करने की अपील की

जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है तो हमारे किसान वो ये तय कर सकते हैं कि अमी अगर वो पांच थैलीं ग्ररिया लेते हैं तो आगे से तीन थैली में ही चलाएंगे अमी वो छह थैली लेते हैं तो आगे से चार थैली ही चलाएंगे उसका पैसा बचेगा ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा इस अवसर पर दो हजार दो सौ अस्सी से अधिक किसान समितियों को एक हजार करोड़ रूपये से अधिक राशि की पहली किश्त उपलब्ध कराई गई श्री मोदी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आठ करोड़ पचपन लाख से अधिक लाभार्थियों को सत्रह हजार एक सौ करोड़ रूपये की छठी किश्त भी जारी की इस अवसर पर कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी उपस्थित थे प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है सोलह जिलों के एक सौ पच्चीस प्रखंडों की एक हजार दो सौ बत्तीस पंचायतें बाढ़ की चपेट में हैं पचहत्तर लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है प्रभावित जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैंतीस टीमों की मदद से लगातार राहत और बचाव अभियान जारी है अब तक पांच लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है बाढ़ग्रस्त इलाकों में सात राहत शिविर चलाये जा रहे हैं जहां लगभग बारह हजार लोग रह रहे हैं वहीं एक हजार दो सौ सड़सठ सामुदायिक रसोई घरों का भी संचालन किया जा रहा हैं जहां से लगभग दस लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है आपदा प्रबंधन विभाग ने अब तक छह लाख इकतीस हजार परिवारों के बैंक खाते में छह छह हजार रूपये की सहायता राशि भेज दी है दरभंगा सीतामढ़ी समस्तीपुर सारण पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि बागमती नदी के जलस्तर में कमी आने से पानी के बढ़ने का सिलसिला कम हुआ है लेकिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जल जमाव में कोई कमी नहीं आयी है

लोगों के लिये नाव ही एकमात्र आवागमन का साधन बचा है जिले के बहादुरपुर हनुमान नगर सिंहवाड़ा हायाघाट और सदर प्रखंड के कई गांवों में स्थिति पंद्रह दिनों के बाद मी जस की तस बनी हुई है

आकाशवाणी समाचार के लिये दरभंगा से मणिकांत झा समस्तीपूर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि नून नदी के उफान पर होने से बाढ़ की स्थिति और गंभीर हो गयी है

इधर हसनपुर प्रखंड के सिरसिया गांव में करेल नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है बाढ़ के पानी के करिण लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन कर रहे हैं सैकड़ों एकड़ जमीन में लगी फसल नष्ट हो गयी है आकाशवाणी समाचार के लिये समस्तीपुर से कृष्ण कुमार वैशाली से हमारे संवाददाता ने बताया है कि पातेपुर प्रखंड के कई गांवों में नून नदी का पानी फैल गया है प्रखंड क्षेत्र के बलीगांव में पातेपूर से हसनसराय एनएच अठाईस को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई जगहों पर तीन से चार फूट तक पानी का बहाव हो रहा है जिससे आवागमन बाधित है मुजफ्फरपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि शहरी क्षेत्रों में पानी के प्रवेश करने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है

गंडक नदी के पानी से वाल्मिकी नगर टाइगर रिजर्व में कटाव तेज हो गया है इधर गोपालगंज जिले में गंडक नदी के घटते बढ़ते जलस्तर के कारण गांवों में परेशानी अभी भी बनी हुई है सदर प्रखंड के धर्मपुर टेगराही निरंजना रामनगर मांझा समेत सोलह गांव और कुचायकोट प्रखंड के छह गांव में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है इधर सारण जिले के अमनौर में बाढ़ का कहर जारी है बिजली आपूर्ति ठप्प होने से आम लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है दूसरी तरफ तरैया मशरक एसएच तिहत्तर पर पानी का बहाव कम हो गया है वहीं तरैया अमनौर एसएच एक सौ चार पर पचौरड़ बाजार के पास अभी भी तीन से चार फुट तक पानी का बहाव हो रहा है सीवान जिले के दरौली में सरयू नदी के उफान से कई जगहों पर बांध पर कटाव हो रहा है

प्रर्वी चंपारण जिले में बाढ़ की रिथति में भी कोई सुधार नहीं हुआ है वहीं किशनगंज और कटिहार में स्थिति थोड़ी सामान्य हुई है सुपौल सहरसा मधेपुरा और खगड़िया के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में भी पानी कम होने लगा है प्रदेश की अधिकतर नदियों के जलस्तर में गिरावट आयी है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंडक ब्रढ़ी गंडक बागमती अधवारा समूह कमला बलान महानंदा और परमान नदी का जलस्तर लगातार कम हो रहा है सिर्फ कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया के बलतारा में बढ़ रहा है हालांकि जलस्तर में गिरावट की प्रवृत्ति के बावजूद अभी भी अधिकांश नदियां विभिन्न स्थानों पर लाल निशान से ऊपर है मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है मौसम वैज्ञानिक दिनेश कुमार ने बताया कि इस दौरान एक दो जगहों पर वज्रपात की भी आशंका है

प्रदेश में आज कोविड उन्नीस के तीन हजार नौ सौ चौंतीस मामलों की पुष्टि हुई है संक्रमितों की संख्या बढ़कर उनासी हजार सात सौ बीस हो गयी है आज सबसे अधिक सात सौ इक्यासी मामले पटना जिले से सामने आये हैं पटना में अब तक तेरह हजार चार सौ अठासी मामले सामने आ चुके हैं जबकि इक्यासी लोगों की मौत हो चुकी है बेगूसराय से दो सौ चौवालीस कटिहार से एक सौ सतहत्तर पूर्वी चंपारण से एक सौ बासठ सारण से एक सौ साठ समस्तीपुर से एक सौ छियालीस वैशाली से एक सौ बत्तीस रोहतास से एक सौ इकतीस मुजफ्फरपुर से एक सौ अठाईस गोपालगंज से एक सौ पंद्रह भोजपुर से एक सौ नौ सहरसा और पश्चिमी चंपारण से एक सौ आठ एक सौ आठ और नालंदा से एक सौ तीन मामले पॉजिटिव पाये गये हैं इसके अलावा अन्य सभी जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं स्वास्थ्य विभाग की बुलेटिन में कहा गया है कि पिछले चौबीस घंटे में पचहत्तर हजार छह सौ अठाईस नमूनों की जांच की गयी अब तक राज्य में लगभग दस लाख इक्कीस हजार नौ सौ छह नमूनों की जांच हो चुकी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान दो हजार छह सौ बयालीस मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी गयी अब तक इक्यावन हजार तीन सौ पंद्रह लोग इस महामारी से स्वस्थ हो चुके हैं स्वस्थ होने की दर चौंसठ दशमलव तीन सात प्रतिशत है वहीं राज्य में एक दिन में दस लोगों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या बढ़कर चार सौ उनतीस हो गयी है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस संक्रमण के चौंसठ हजार तीन सौ निन्यानवे नए मरीजों की पुष्टि हुई एक दिन में सामने आए मरीजों की यह सर्वाधिक संख्या है देश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या इक्कीस लाख तिरपन हजार दस हो गयी है स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले चौबीस घंटों के दौरान तिरपेन हजार आठ सौ उनासी मरीज स्वस्थ हुए स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर चौदह लाख अस्सी हजार आठ सौ चौरासी हो गयी है स्वस्थ होने की दर अड़सठ दशमलव सात आठ प्रतिशत है कोरोना से अब तक तैंतालीस हजार तीन सौ उनासी लोगों की मौत हुई है कोविड से मृत्युदर घटकर दो दशमलव शून्य एक प्रतिशत रह गई है वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर ए के वार्ष्णेय ने कहा है कि बिना लक्षण वाले लोगों से कोविड उन्नीस महामारी के संक्रमण का खतरा सबसे अधिक है ऐसे में मास्क और अन्य सुरक्षा उपाय हमेशा उपयोग में लाये जाने चाहिये

पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता के उद्देश्य से वर्ष दो हजार ग्यारह से यह दिवस मनाया जाता है राज्य सरकार के जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पांच जून पर्यावरण दिवस से शुरू किये गये पौधारोपण अभियान के तहत आज तक तीन करोड़ सैंतालीस लाख पौधे लगाये गये वन और पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया दो करोड़ इक्यावन लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन जन सहभागिता से लक्ष्य से कहीं अधिक पौधारोपण किया गया इनमें से एक करोड़ चालीस लाख फलदार पौधे हैं उन्होंने बताया कि सत्तर लाख परिवारों की इस कार्यक्रम में सहभागिता रही जिसमें छियासठ लाख परिवार जीविका समूह से जुड़े हैं श्री सिंह ने बताया कि आज दस हजार से अधिक जगहों पर पौधारोपण किया गया उन्होंने बताया कि अगस्त महीने तक चार करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया जायेगा इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आर ब्लॉक के पास पौधारोपण किया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यालयों सार्वजनिक स्थानों और निजी परिसरों में वृक्षारोपण किया गया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के आर ब्लॉक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया इस फ्लाईओवर को बिहार विधान सभा की ओर पहले से बने भिखारी ठाकुर पुल से जोड़ा गया है इससे विधानसभा की ओर जाने में सुविधा होगी साथ ही आर ब्लॉक से बेली रोड के बीच आवागमन आसान होगा रेलवे ने सोशल मीडिया में चल रहे उस विज्ञापन को फर्जी बताया है जिसमें अवेस्ट्रान इन्फोटेक द्वारा रेलवे में ग्यारह वर्ष के अनुबंध पर विभिन्न पदों के लिये आवेदन मांगने की बात कही गयी है पीआईबी ने एक ट्वीट में इस विज्ञापन को पूरी तरह गलत बताया है अभ्यर्थियों से ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आने की अपील की गयी है

प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं

अब तक तीन करोड़ सैंतालीस लाख पौधे लगाये गये